बस्तर चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत कल प्रदेश में बस्तर संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा बस्तर सीट के माओवाद प्रभावित चार विधानसभा क्षेत्रों दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर और कोंटा में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा वहीं शेष चार विधानसभा क्षेत्रों कोंडागांव बस्तर जगदलपुर और चित्रकोट में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे चुनाव आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए हैं और यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया हैं सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है बस्तर लोकसभा सीट के लिए सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में है इनमें कांग्रेस से दीपक बैज भाजपा से बैद्राम कश्यप बसपा से आयतुराम मंडावी सीपीआई से रामूराम मौर्य अंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया से मनीष प्रसाद नाग अखिल भारतीय समग्र क्रांति पार्टी से मंगलाराम कर्मा और शिवसेना से सुरेश उर्फ सरगीम कवासी चुनाव लड़ रहे हैं कल बस्तर संसदीय क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव में करीब तेरह लाख अठहत्तर हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इनमें सात लाख पन्द्रह हजार पांच सौ पचास महिला मतदाता और छह लाख बासठ हजार तीन सौ पचपन पुरूष मतदाता शामिल हैं इसके अलावा यहां तृतीय लिंग वर्ग के इकतालीस मतदाता भी हैं बस्तर संसदीय क्षेत्र देश के उन गिने चुने लोकसभा क्षेत्रों में शाामिल है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरूषों के मुकाबले अधिक है लोकसभा निर्वाचन के लिए बस्तर में एक हजार आठ सौ मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें से पांच सौ बारह मतदान केंद्र संवेदनशील और दो सौ चौबीस अति संवेदनशील हैं गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं कल होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ सहित अट्ठारह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में इंक्यानवे सीटों के लिए मतदान होगा बस्तर सुरक्षा दंतेवाड़ा जिले में कल हुए माओवादी हमले के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की नये सिरे से समीक्षा की है कल बस्तर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि सुकमा बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारियों को भेजा गया है

सत्तर से अधिक मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है वहीं मैदानी क्षेत्रों में स्थित पोलिंग बूथों के लिए आज डेढ़ हजार से अधिक मतदान दलों को रवाना किया गया इन मतदान दलों पर सी टॉप्स एप्लीकेशन के माध्यम से नजर रखी जा सकेगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक इस ऐप के जरिए मतदान दलों की पल पल की गतिविधियों की जानकारी ले सकेंगे

सी टॉप्स के माध्यम से मतदान केंद्र में हो रहे मतदान और वहाँ पर मतदाताओं की लगी कतार की भी जानकारी मिल सकेगी

मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की मतदाता पर्ची के साथ मतदाताओं को अपनी पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा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

स्वर्गीय मंडावी की अंत्येष्टि उउनके गृहग्राम गदापाल में की गई जहां उनके दस वर्षीय पुत्र खिरेन्द्र मंडावी ने उन्हें मुखाग्नि दी इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को दंतेवाड़ा स्थित भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था इसके बाद पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री मंडावी और शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधियों और पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्वर्गीय मंडावी और शहीद जवानों को अपनी श्रद्दांजलि अर्पित की इससे पहले आज सुबह श्री मंडावी की अंतिम यात्रा उनके निवास से निकली

गौरतलब है कि कल शाम दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में विधायक भीमा मंडावी और पुलिस के तीन जवानों सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी मुख्यमंत्री समीक्षा आज अपने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सभी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है मतदान केन्द्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे दंतेवाड़ा से वापसी के बाद रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि श्री मंडावी की मौत की सीबीआई जांच का प्रस्ताव अगर आता है तो सरकार उस पर विचार करेगी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि माओवादियों के साथ तभी बात हो सकती है जब वो हथियार छोड़ें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कल मतदान केन्द्रों और मतदान दलों की सुरक्षा की सभी तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर मतदान करें क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जरूरी है माओवादी मुठभेड़ राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक माओवादी कैम्प को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है सुरक्षा बलों को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि मानपुर के बुकमरका पहाड़ी में माओवादियों द्वारा एक शिविर लगाया गया है इसके बाद डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बुकमरका की पहाड़ी पर स्थित इस माओवादी कैम्प पर धावा बोला इस दौरान माओवादियों ने तीन आईईडी विस्फोट किए इस बीच सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी भी हुई सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी महाराष्ट्र की सीमा से लगे गढ़चिरौली इलाके की ओर भाग गए जवानों ने मौके से देशी रॉकेट लांचर का सेल एके फोर्टी सेवन राइफल के खाली खोखे और माओवादियों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं विशेष चुनाव कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार द्वारा लोकसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण का आज किया जाएगा इस कार्यक्रम को आज रात नौ बजकर सोलह मिनट से प्रसारित किया जाएगा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

दुर्घटना कोरबा में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है मिली जानकारी के अनुसार बांगो थाना क्षेत्र के कोनकोना गांव के पास एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन और मोटर साइकिल के बीच भिड़त होने से यह हादसा हुआ मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होने के साथ ओले गिर सकते हैं साथ ही मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान से पूर्वी मध्यप्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है इसके असर से राज्य के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है जगदलपुर में आज दोपहर बाद बदली छाने के साथ ही तेज बारिश हुई साथ ही ओले भी गिरे